भाजपा ने गठबंधन के सबसे बड़े दल के रूप में चौहत्तर सीटों पर जीत हासिल की जदयू को तैंतालीस विधानसभा क्षेत्रों में मिली सफलता महागठबंधन को एक सौ दस सीटों पर संतोष करना पड़ा

वाम दलों ने सोलह सीटों पर लहराया परचम

राजद के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और रमई राम को मिली हार वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी और जाप के पप्पू यादव भी चुनाव हारे

श्री मोदी ने कहा बिहार में एक बार फिर लोकतंत्र जीता बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

चुनाव परिणामों में गठबंधन ने दो सौ तैंतालीस सीटों में से एक सौ पच्चीस सीटों पर जीत हासिल की है जबकि राजद के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन को एक सौ दस सीटों पर विजय प्राप्त हुई है एनडीए के घटक दलों में सबसे अधिक भाजपा को चौहत्तर सीटें मिली हैं वहीं जदयू को तैंतालीस विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल हुई है हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी को चार चार सीटें मिली हैं दूसरी ओर महागठबंधन में सबसे अधिक राष्ट्रीय जनता दल ने पचहत्तर और कांग्रेस ने उन्नीस सीटों पर विजय प्राप्त की भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी को दो दो सीटें मिली सीपीआई एमएल ने बारह सीटें जीती असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम को पांच सीटें मिली जबकि लोक जनशक्ति पार्टी बह्जन समाज पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी एक एक सीटों पर विजयी हुए वाल्मीकिनगर लोकसभा उप चूनाव में जदयू प्रत्याशी सुनील कुमार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के प्रवेश कुमार मिश्रा को बाईस हजार पांच सौ उनचालीस मतों से पराजित किया सुनील कुमार को चार लाख तीन हजार तीन सौ साठ मत मिले जबकि प्रवेश मिश्रा को तीन लाख अस्सी हजार आठ सौ इक्कीस मत मिले गौरतलब है कि सांसद बैजनाथ महतो के निधन के बाद इस सीट पर उप चुनाव कराया गया था बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है दो हजार पन्द्रह के चुनाव में राजद ने अस्सी सीटों पर जीत दर्ज की थी जबकि इस बार उसे पचहत्तर सीटें मिली हैं एनडीए के प्रमुख घटक दल भारतीय जनता पार्टी ने चौहत्तर सीटों पर विजय हासिल की है इस चुनाव में भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने तिरपन सीटों पर जीत दर्ज की थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी जनता दल यूनाईटेड को नुकसान का सामना करना पड़ा है दो हजार पन्द्रह के विधानसभा चूनाव में जदयू के पास इकहत्तर सीट थी जबकि इस बार उसे तैंतालीस सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है कांग्रेस को भी नुकसान हुआ है पिछले चुनाव में कांग्रेस ने सत्ताईस सीटों पर जीत दर्ज की थी जबकि इस बार उसे मात्र उन्नीस सीटें हासिल हुई हैं इस चुनाव में सबसे बड़ी सफलता भाकपा माले को मिली है पिछले चुनाव में उसने मात्र तीन सीटों पर जीत दर्ज की थी जबकि इस बार उसने बारह सीटों पर सफलता पायी है विधानसभा चूनाव में वोटों की हिस्सेदारी में भी राजद ने बढ़त हासिल की है राष्ट्रीय जनता दल को सबसे अधिक तेईस दशमलव एक एक प्रतिशत वोट मिला जबकि भाजपा को उन्नीस दशमलव चार छह प्रतिशत वोटरों ने अपना समर्थन दिया तीसरे स्थान पर रहे जदयू को पन्द्रह दशमलव तीन नौ प्रतिशत मत प्राप्त हुये कांग्रेस को नौ दशमल चार आठ प्रतिशत मत मिले जबकि लोजपा को पांच दशमलव छह छह प्रतिशत मतों से संतोष करना पड़ा राज्य सरकार के कई मंत्रियों के लिए यह चूनाव मिलाजूला रहा

जदयू प्रत्याशी और वरिष्ठ मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव सुपौल से चूनाव जीत गये है भाजपा कोटे के मंत्रियों में नंद किशोर यादव पटना सहिब से राम नारायण मंडल बांका से प्रमोद कुमार मोतिहारी से प्रेम कुमार गया टाउन से राणा रणधीर मधुबन से विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से कृष्ण कुमार ऋषि बनमनखी से विनोद नारायण झा बेनीपट्टी से निर्वाचित घोषित किये गये हैं उधर जदयू कोटे के मंत्री नरेन्द्र नारायण यादव आलमनगर से मदन सहनी बहादुरपुर से बीमा भारती रूपौली से महेश्वर हजारी कल्याणपुर से श्रवण कुमार नालंदा से निर्वाचित हुये हैं हारने वाले मंत्रियों में जहानाबाद से कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा मुजफ्फरपूर से सुरेश कुमार शर्मा दिनारा से जय कुमार सिंह राजपूर से संतोष कुमार निराला सिंहेश्वर से रमेश ऋषिदेव लोकहा से लक्ष्मेश्वर राय हथ्युआ से रामसेवक सिंह चैनपुर से बृजकिशोर बिंद सिकटा से खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद और जमालपूर से शैलेश कुमार शामिल हैं विधानसभा चूनाव में कई प्रमुख नेताओं की किस्मत दांव पर लगी थी इनमें कई लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने में सफल रहे जबकि कई नेताओं को हार का सामना करना पड़ा जदयू उम्मीदवार और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी सरायरंजन से निर्वाचित हो गये हैं जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राघोपुर की अपनी सीट पर कब्जा बरकरार रखा है राजद नेता तेज प्रताप यादव ने भी हसनपुर से जीत हासिल की है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी इमामगंज सीट पर अपनी जीत दर्ज की है उन्होंने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और राजद नेता उदय नारायण चौधरी को पराजित किया राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दिकी केवटी से चूनाव हार गये हैं विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को कड़ी टक्कर में सिमरी बख्तियारपुर से हार का सामना करना पड़ा राजद के कद्दावर नेता रमई राम को बोंचहा से और लवली आनंद को सहरसा से हार का सामना करना पड़ा

जदयू के टिकट पर चैरिया बरियारपूर से चूनाव लड़ रही मंजू वर्मा को और परसा से चंद्रिका राय को हार का सामना करना पड़ा भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे राजेन्द्र सिंह को भी दिनारा सीट पर लोजपा उम्मीदवार के रूप में पराजय का सामना करना पड़ा है विधानसभा चूनाव में कई वरिष्ठ नेताओं के परिजनों ने भी अपनी किस्मत आजमाई थी परिजनों का चुनाव परिणाम मिलाजुला रहा राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पूत्र सुधारक सिंह राजद के टिकट पर रामगढ़ से निर्वाचित हये जबकि राजद के वरिष्ठ नेता जय प्रकाश नारायण यादव की पुत्री दिव्या प्रकाश तारापुर में चूनाव हार गयीं उधर पूर्व केन्द्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की पूत्री श्रेयसी सिंह जमुई से भाजपा के टिकट पर निर्वाचित हुई जबकि पूर्व केन्द्रीय मंत्री कांति सिंह के पुत्र ऋषि सिंह ओबरा विधानसभा सीट से निर्वाचित हुये पूर्व केन्द्र मंत्री शरद यादव की पुत्री सुभाषिनी यादव बिहारीगंज से पूर्व सांसद शत्र्घ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा बांकीपुर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह के पुत्र शुभानंद मुकेश कहलगांव से पराजित हुये हैं जबकि पूर्व सांसद आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद शिवहर से और लोजपा सांसद महबूब अली केसर के पुत्र युसुफ सलाउद्दीन सिमरी बख्तियारपुर से निर्वाचित हुये हैं वहीं जोकीहाट में दो भाई आमने सामने थे इस सीट पर एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे छोटे भाई मोहम्मद शाहनवाज ने बड़े भाई राजद उम्मीदवार सरफराज आलम को पराजित किया उधर आलमनगर के विधायक और मंत्री नरेन्द्र नारायण यादव चुनाव जीतने में सफल रहे जबकि उनके दामाद निखिल मंडल मधेपुरा में चुनाव हार गये इसी प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इमामगंज से हम के टिकट पर निर्वाचित हुये जबकि उनके दामाद देवेन्द्र मांझी मखदुमपुर में चुनाव हार गये विधानसभा चूनाव में कई छोटे दलों का प्रदर्शन भी काफी महत्वपूर्ण रहा एआईएमआईएम ने चुनाव में अपने बीस उम्मीदवार उतारे थे जिनमें से पार्टी को कोचाधामन बहादुरगंज जोकिहाट अमौर और बायसी में सफलता मिली है एनडीए में सहयोगी वीआईपी ने ग्यारह उम्मीदवार उतारे थे जिनमें से चार को सफलता मिली जबकि हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के सात उम्मीदवारों में से चार को सफलता मिली

एक एक सीट पर लोजपा बसपा और निर्दलीय ने कब्जा जमाया है इस चुनाव में उपेन्द्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का खाता भी नहीं खुला एक नई पार्टी प्लूरल्स का भी खाता नहीं खुल सका पार्टी प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी को बांकीपुर और बिस्फी दोनों जगहों से हार का सामना करना पड़ा इस बार कई जिलों में चुनावी परिदृश्य पूरी तरह बदला बदला रहा मतदाताओं ने कई नये चेहरों पर भरोसा जताया कोसी सीमांचल की अठहत्तर सीटों में से बावन पर एनडीए को जीत मिली

वहीं शाहबाद क्षेत्र में एनडीए का इस बार प्रदर्शन निराशाजनक रहा कैमूर जिले की सभी चार सीटें भाजपा के हाथ से निकल गयी तीन सीटों पर महागठबंधन और एक सीट पर बसपा को जीत मिली है रोहतास और औरंगाबाद जिले की सभी सीटें महागठबंधन के खाते में गयीं अंग और मुंगेर क्षेत्र में एनडीए ने बाजी मारी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विधानसभा चूनाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हये कहा है कि बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया था और आज इसने फिर विश्व को यह बताया है कि लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है उन्होंने बिहार के लोगों को एनडीए का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि लोगों के आशीर्वाद से बिहार में एक बार फिर से लोकतंत्र की जीत हुई है बड़ी संख्या में गरीबों वंचितो और महिलाओं ने मतदान किया है और विकास को तरजीह दी है प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के प्रत्येक मतदाता ने साफ साफ यह जता दिया है कि विकास उनकी प्राथमिकता है वहीं गृहमंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने भी बिहार में एक बार फिर विकास प्रगति और सुशासन चुनने के लिए राज्य की जनता का आभार जताया वरिष्ठ भाजपा नेता और बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फडनवीस ने चूनाव में एनडीए की जोरदार जीत के लिए बिहार के लोगों को आभार व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गरीब कल्याण एजेंडे को जाता है उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्ररा भरोसा जताया है उन्होंने कहा कि पार्टी ने इस बार सड़सठ प्रतिशत सीटें जीती हैं जबकि पिछली बार यह आंकड़ा केवल चौंतीस प्रतिशत था फडनवीस ने प्रधानमंत्री की नीतियों और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को इसका श्रेय दिया है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान चुनाव प्रक्रिया में शामिल होकर पूरे बिहार ने दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एनडीए को मिला है

लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भरोसा जताया है उन्होंने कहा कि परिणाम से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा को लेकर आम लोगों में उत्साह है वहीं राजद के प्रवक्ता मनोज झा ने मतगणना के दौरान धांधली का आरोप लगाते हुये कहा कि जनमत के साथ खिलवाड़ हुआ है कांग्रेस के नेता और विधान पार्षद प्रेम चंद्र मिश्र ने कहा है कि यह जनादेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए नहीं है उन्हें नौतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए सीपीआई के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने कहा कि चुनाव में वामपंथी पार्टियों का प्रदर्शन बेहतर रहा है उन्होंने कहा कि बदलाव के पक्ष में जनता के निर्णय का पार्टी सम्मान करती है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम को प्रमुखता से छापा है कई अखबरों ने रिजल्ट को लेकर जैकेट पेज भी प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने चुनाव परिणाम को सुर्खी बनाते हुये लिखा है एनडीए ने मारी बाजी दैनिक जागरण ने ग्राफिक्स के साथ लिखा है नीतीश पर ही भरोसा दैनिक भास्कर ने इसी खबर को सुर्खी दी है भाजपामय बिहार नई सरकार का गठन अब दिवाली के बाद ही उनतीस तक है समय प्रभात खबर ने लिखा है वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट से जदयू के सुनील कुमार जीते हैं आज और राष्ट्रीय सहारा ने भी चुनाव से जुड़ी खबरों को सचित्र प्रकाशित किया है और अब अंत में मुख्य समाचार विधानसभा चूनाव में सत्तारूढ़ एनडीए को स्पष्ट बहमत

भाजपा ने गठबंधन के सबसे बड़े दल के रूप में चौहत्तर सीटों पर जीत हासिल की जदयू को तैंतालीस विधानसभा क्षेत्रों में मिली सफलता महागठबंधन को एक सौ दस सीटों पर संतोष करना पड़ा

वाम दलों ने सोलह सीटों पर लहराया परचम

राजद के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और रमई राम को मिली हार वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी और जाप के पप्पू यादव भी चुनाव हारे

श्री मोदी ने कहा बिहार में एक बार फिर लोकतंत्र जीता